प्रदेश में पिछले छह दिनों से जारी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की सामूहिक हड़ताल राज्य सरकार से समझौते के बाद समाप्त हो गयी है ग्रामीण विकास विभाग से हुई वार्ता के बाद आज से सभी बीडीओ काम पर लौट आयेंगे विभागीय सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि संघ की कुछ मांगों के मामले में मुख्य सचिव से अगले सप्ताह वार्ता होगी वहीं अन्य मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जायेगा इधर राज्य के आठ विभागों में कार्यरत लगभग तीन हजार अभियंता नई बहाली वेतन सुरक्षा सहित कई मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के बैनरतले राज्य के सहायक अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख तक हड़ताल पर हैं हड़ताल को लेकर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि सरकार के संज्ञान में अभियंताओं की हड़ताल है वैसे पथ निर्माण विभाग के अभियंता काम पर हैं पटना मेट्रो के लिए पब्लिक इनवेसमेंट बोर्ड पीआईबी में सहमति बन गयी है केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले पीआईबी की नई दिल्ली में हुई बैठकों में सहमति बनी है इसके तहत लगभग बत्तीस किलोमीटर पटना मेट्रो के लिए लाईन बनायी जानी है पीआईबी के समक्ष बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद ने पूरी परियोजना की प्रस्तृति दी श्री प्रसाद ने बताया कि पटना मेट्रो को लेकर विभिन्न विभागों से मांगी गयी आपत्ति और शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है इस परियोजना को प्ररा करने को लेकर भूमि संबंधी कोई समस्या नहीं है मेट्रो योजना के तहत पटना में दो मेट्रो कोरिडोर बनाये जाने हैं पहला कोरिडोर दानापुर से मीठापुर तक जबकि दूसरा कोरिडोर पटना जंक्शन से गांधी सेतू जीरो मोईल होते हुए आईएसबीटी तक होगा केन्द्रीय एजेंसी के प्रस्ताव के अनुसार पटना मेट्रो को पांच साल में पूरा कर लिया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने एक फैसले में कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा को सही ठहरा चुकी है केंद्र की अपील का निपटारा करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वैशाली में भगवान ब्रद्ध के पवित्र अस्थि कलश को प्रदर्शित करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण कराया जायेगा श्री मोदी ने पटना में भारतीय पुरातत्व परिषद और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि पन्द्रहवें वित्त आयोग की टीम से सरकार ने चार सौ सत्रह करोड़ रुपये की मांग की है जिससे पुरातात्विक स्थलों की ख़ुदाई संरक्षण एवं संवर्धन समेत विभिन्न संग्रहालयों का निर्माण किया जाएगा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने भागलपुर और नवादा के देवनगढ़ में पुरातत्व सर्वेक्षण कराया है इसी तरह सारण अरवल और रोहतास में भी खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ है उन्होंने कहा कि दरभंगा और पूर्णिया में प्रातात्विक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन कदाचार के आरोप में साठ परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है औरंगाबाद से तेरह और गया से दस जबकि नवादा और नालंदा में सात सात परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा के एडमिट कार्ड में श्रेणी के अनुसार कोड निर्धारित किया है पहली बार शारीरिक रूप से कमजोर परीक्षार्थियों को उनके एडमिड कार्ड में कोड शामिल किया गया है अभी तक सभी छात्रों के लिए एक जैसे एडमिड कार्ड होते थे सीबीएसई ने दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से कॉलम बनाया है नेपाल सरकार ने अपने देश में उद्योगों और अन्य संस्थानों में कार्यरत भारतीय कामगारों के लिए वर्क परमिट अनिवार्य कर दिया है नेपाल के श्रम और पेशवर सुरक्षा विभाग के औद्योगिक निरीक्षक प्रशांत साहा की ओर से जारी आदेश में देश के सभी श्रम कार्यालयों को भारतीय कामगारों की संख्या संबंधित डेटा भी एकत्र करने को कहा गया है भारत और नेपाल के विशेष संबंधों के चलते अब तक भारतीय नागरिकों को नेपाल में काम करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं थी

इनमें सात हजार छह सौ छियालीस पद पर महिलाओं की नियुक्ति की जायेगी गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन रिक्तियो में चौवन हजार नौ सौ तिरपन पद कॉस्टेबल कैडेर के लिए है इन रिक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जायेगा वहीं दूसरी ओर पूर्व मध्य रेल में तीन हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी इसके अलावा वर्तमान में पूर्व मध्य रेल के लिए छह हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है पटना के रूपसपूर थाना अंतर्गत रामजयपाल नगर में चोरों ने अंचलाधिकारी के आवास से पचास हजार नकद और पांच लाख के जेवरात चोरी कर लिया मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कामरथू में चिकन पॉक्स के कारण तेईस लोग बीमार हो गये हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके का दौरा कर दवा का वितरण किया सारण जिले के डोरीगंज में ट्रक की चपेट में आने से इंटर की परीक्षा देकर लौट रहे दो परीक्षार्थियों की मौत हो गयी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार अंडर ट्वेंटी थ्री और महिला अंडर नाईनटीन एकदिवसीय टीम की घोषणा कर दी है बिहार की टीम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेगी बिहार अंडर ट्वेंटी थ्री के कप्तान सचिन कुमार सिंह जबकि महिला अंडर नाईनटीन टीम का नेतृत्व अपूर्वा मेहता करेंगी बक्सर में खेली जा रही राज्य स्तरीय मोइनुलहक फुटबॉल प्रतियोगिता में समस्तीपुर और गया की टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है प्री क्वार्टर फाइनल में पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर की टीम ने मेजबान बक्सर को टाईब्रेकर में चार दो जबकि एक अन्य मैच में गया ने कैमूर को तीन शून्य से पराजित किया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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है जल्द कैबिनेट में आयेगा प्रस्ताव चुनाव से पहले हो सकती है शुरूआत पटना मेट्रो को केन्द्रीय एजेंसी की मंजूरी दैनिक भास्कर की सुर्खी है मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े अब तक की सबसे बड़ी डकैती गार्ड कर्मियों को पीटा तैंतीस किलो सोने की लूट दैनिक जागरण ने लंदन की बेनामी संपत्ति को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से छह घंटे हुई प्रछताछ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है देश की मजबूत के लिए फेडरल सिस्टम जरूरी आज अखबार का शीर्षक है मोदी सरकार का बड़ा एलान शारदा और रोजवैली जैसे चिट फंड में नहीं फंसेगा पैसा